नई दिल्ली में इस योजना को किसानों के हित में प्रमुख कदम बताते हुए कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि किसानों की आय की संरक्षा में केन्द्र सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है मंत्रिमंडल ने रेलों की बड़ी लाइन के बाकी बचे रेलमार्गो को बिजली से जोडने की भी मंजूरी दे दी

इस पर करीब एक खरब बीस अरब रूपये खर्च होंगे

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं द्वारा पूछे गये सवालों का जवाब भी देंगे इस दौरान केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ तथा विधानसभा उपाध्यक्ष और शाहपुरा विधायक राव राजेन्द्र सिंह शाहपुरा में कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहेंगे

उसके बाद हम सब स्वच्छता ही सेवा के अभियान में स्वयं जुड़ जाएंगे

गणेश मंदिरों में विभिन्न आयोजन हो रहे है मोतीडूंगरी स्थित गणेश मंदिर में दर्शन के लिये लोगों की लम्बी कतारें देखी जा रही हैं इस अवसर पर लग रहे मेले और श्रद्धालुओं की भीड को देखते हुए यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है इधर रणथम्मौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्दालुओं के लिये विशेष रेलगाडी भी चलाई गई है यहां लग रहे मेले में गणेश जी के जन्म की झांकी मुख्य आकर्षण बनी हई है राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गणेश चत्र्थी पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने कहा है कि गणपति मानव जीवन की लय है

उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि माता पिता और बडे ब्जुर्गो के प्रति श्रद्वा रखने वालों के प्रति समाज भी आदर का भाव रखता है जयपुर जिले में गणेश चतुर्थी पर आज जिला कलेक्टर ने स्थानीय अवकाश घोषित किया है